मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने व्यापारिक फसलों के प्रोत्साहन की आवश्यकता पर जोर दिया ऊर्जा संरक्षण दिवस पर प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया ऊर्जा संरक्षण के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक किया गया

ये फैसले आज सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए

श्री कौशिक ने बताया कि बैठक में खाद्य आयोग की वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट विधानसभा में रखने की अनुमति प्रदान की गई इसके अलावा लोक सेवा आयोग की सुरक्षा नियमावली के अन्तर्गत पदों को अनुमति दी गई साथ ही विधानसभा सत्रावसान को मंजूरी प्रदान की गई उन्होंने बताया कि एनसीईआरटी पुस्तकों के डीबीटी रेट में बढ़ोतरी को भी मंजूरी प्रदान की गई है

इसके तहत टीईटी के बाद नियुक्ति का आधार श्रेष्ठता मेरिट होगा इसके अलावा कार्मिक सतर्कता एवं सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन विभागों को एकीकरण कर कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के नाम को मंजूरी प्रदान की गई तकनीकी विश्वविद्यालय की नियमावली को भी मंजूरी प्रदान की गई इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण फैंसलों पर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है

केन्द्र द्वारा पुनरीक्षित मानदेय का लाभ आंगनवाड़ी कार्यकर्वियों को देने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया गया है इससे पैतीस हजार से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्रियों आंगनवाड़ी सहायिकाओं और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्वियों को फायदा होगा

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत आंगनवाड़ी कार्यकर्रियों के मानदेय में बढ़ोतरी के लिए केन्द्र में पैरवी करते रहे हैं गौरतलब है कि उत्तराखंड में आंगनवाड़ी कार्यकर्वियों को देश में सर्वाधिक मानदेय दिया जाता है

इस एप के जरिए अब तक प्रदेश के कई दूरस्थ गांव रोशन हुए हैं सीएम एप पर दर्ज शिकायत के बाद चमोली जिले में थराली विकासखंड के रतगांव में आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुंची है जिले के ही रुईसाण देवसारी तोक और कोलपूड़ी गांवों में एप पर मिली शिकायत के बाद कार्रवाई हुई मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश के बाद इन गांवों में विद्यतीकरण का काम पूरा हो चका है उधर चम्पावत जिले के बाली और पटन गांवों में भी सीएम एप पर शिकायत मिलने के बाद विद्युतीकरण का काम कराया गया यूपीसीएल के अधिकारियों ने सीएम कार्यालय को अवगत कराया कि इन गांवों को केंद्र पोषित दीन दयाल ग्राम ज्योति विद्युतीकरण योजना के जरिए बिजली से रोशन किया गया है स्लग दुर्घटना अल्मोड़ा अल्मोड़ा में कल देर शाम चनोली के पास बारात को ले जा रहा एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति ने अस्पताल में दम तोड़ दिया हादसे में आठ लोग घायल हुए हैं

दुर्घटना की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन और बचाव दल ने राहत कार्य शुरू किया हालांकि अंधेरे के कारण बचाव कार्य में दिक्कतें भी आयी घायलों को बाड़ेछिना स्वास्थ्य केन्द्र और अल्मोड़ा बेस चिकित्सालय में भर्ती कराया गया दो गंभीर घायलों को हल्द्वारी रेफर किया गया घायलों के मुताबिक तेज रफ्तार के कारण यह हादसा हुआ डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि भी घायलों का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे

कांग्रेस पार्षदों के शिष्टमंडल का कहना था कि तीन साल पहले गृहकर किराया पद्धति से हटाकर कवर्ड एरिया पद्धति में बदला गया था जो लगभग पांच गुणा हो गया था उन्होंने कहा कि शहर की जनता इस परिवर्तन से पहले ही परेशान थी

उन्होंने व्यापारिक फसलों के प्रोत्साहन के प्रचार की भी आवश्यकता बताई उन्होंने किसानों की आय बढाने के लिए जिलों के कृषि उद्यान पेयजल विकास अधिकारियों आजीविका योजनाओं से जुड़े और ट्रस्ट के अधिकारियों के बीच समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिये हिमोत्थान परियोजना द्वारा संचालित कार्यक्रमों की सराहना करते हुए मुख्य सचिव ने इसे और प्रभावी बनाने के लिए सुझाव मांगे स्लग अल्मोडा ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा संरक्षण दिवस पर अल्मोड़ा सहित जिले के समस्त विकासखंड मुख्यालयों में ऊर्जा संरक्षण विषय पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमो के व्यापक प्रचार प्रसार और जन जागरूकता के उद्देश्य से आयोजित वाद विवाद चित्रकला और निबंध प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस दौरान बच्चों को ऊर्जा संरक्षण के महत्व के बारे में जानकारी दी गई स्लग ऊर्जा संरक्षण चमोली में उरेडा विभाग की ओर से ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर उर्जा संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया कलेक्ट्रेट में छात्र छात्राओं ने ऊर्जा संरक्षण विषय पर अपने विचार व्यक्त किए इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी हंसादत्त पाण्डे ने कहा कि आज समूचा विश्व ऊर्जा संकट और पर्यावरण असंतुलन के कारण गंभीर खतरों का सामना कर रहा है अगर समय रहते इन समस्याओं का उचित समाधान नहीं किया गया तो पृथ्वी के वर्तमान स्वरूप को नुकसान पहुंचेगा उन्होंने कहा कि पर्यावरण असंतुलन का मुख्य कारण ऊर्जा उत्पादन संबंधी साधनों का अविवेकपूर्ण तरीकों से दोहन है उन्होंने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाए जाने पर जोर दिया उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपने आस पास के लोगों को सोलर प्लांट लगाने के लिये प्रोत्साहित करें इस दौरान छात्र छात्राओं को एलईडी बल्ब वितरित किए गए स्लग आईएमए भ्रमण राष्ट्रीय एकता को समूचे देश में बढ़ावा देने के लिए देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में आज अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले से छात्रों का एक दल पहंचा

इस दौरान दल के सदस्यों ने आईएमए के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल एस के झा से बातचीत की और अनुभवों को साझा किया इस दौरे से देश के सुद्रवर्ती क्षेत्र के बच्चों को सेना में शामिल होने की प्रेरणा मिली आईएमए के कमांडेंट के प्रेरणादायी संबोधन से युवा छात्रों के मन में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई जो भविष्य में उन्हें देश सेवा के लिए प्रेरित करेगी स्लग मशरूम कार्यशाला बागेश्वर में एक कार्यशाला का आयोजन कर ग्राम प्रधानों को वैज्ञानिक विधि से मशरूम उत्पादन की जानकारी दी गई कृषि विज्ञान केंद्र काफलीगौर के तत्वावधान में हुई कार्यशाला में केंद्र के वैज्ञानिक डॉ हरीश जोशी ने किसानों को बताया कि मशरूम में प्रच्र मात्रा में विटामिन और प्रोटीन पाए जाते हैं इसलिए स्वास्थ्य के लिए ये बेहद लाभदायक है